कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ायी गयी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट हो गयी है इधर पटना में मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप की बैठक आयोजित की गयी बैठक में निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र पंजाब और केरल से आने वाले लोगों के लिए बिहार में कोरोना निगेटिव प्रमाण पत्र जरूरी होगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा उन सभी की रैपिड इंटिजन कोरोना जांच की जायेगी और पॉजिटिव मिलने पर सीधे आइसोलेशन सेंटर में भेजा जायेगा यह व्यवस्था कल से लागू होगी वहीं पटना में छप्पन जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये जायेंगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गयी सक्रिय मरीजों की सूची के आधार पर इसे बनाया जायेगा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर रोक रहेगी हालांकि घरों में होली मिलन पर रोक नहीं रहेगी इधर देश में नये सिरे से कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल एकबार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के छब्बीस नये मामलों की पूष्टि हुई है इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ सत्ताईस हो गयी है पटना में सबसे अधिक तेरह नये संक्रमित मामलें मिले हैं इधर भागलपुर जिले के सबौर स्थित रानी तालाब इलाके में श्राद्ध भोज खाने गये एक ही परिवार के ग्यारह लोग कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इनमें आठ महिला दो पुरूष और एक बच्ची शामिल हैं प्रदेश में अब तक चौदह लाख बहत्तर हजार चार सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें ग्यारह लाख बावन हजार एक सौ बीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख बीस हजार दो सौ निन्यानवें लोगों को दूसरी डोज दी गयी है वहीं साठ साल से अधिक उम्र के चार लाख तिरपन हजार नौ सै उनतालीस और पैंतालीस से उनसठ वर्ष के गंभीर रोग रूप से पीड़ित उनहत्तर हजार दो सौ चार लोगों को कोविड का टीका दिया जा चुका है भारत ने कोविड महामारी से निपटने में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है द्रनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में चलाए गए अभियान में कोविड टीके की कुल संख्या कल तीन करोड सत्रह लाख से अधिक हो गई है इस तरह अब तक वैक्सीन की कुल तीन करोड़ सत्रह लाख इकहत्तर हजार छह सौ इकसठ खुराकें दी जा चुकी हैं देशव्यापी कोविड टीकाकरण के उनसठवें दिन कल वैक्सीन की कुल अठारह लाख तिरसठ हजार छह सौ तेईस खुराकें दी गईं नई दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने कोविड का टीका लगवाने के बाद भी लोगों से मास्क पहनने दो गज की दूरी के नियम का पालन करने और बार बार हाथों को साफ करने की अपील की है

यह सड़क एनएच एक सौ उन्नीस ए के नाम से जाना जायेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने बताया कि एनएच का दर्ज मिलते ही अब इस सडक के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो जायेगी एक सौ उन्नीस किलोमीटर लंबी इस सड़क में दस किलोमीटर को छोड़ एक सौ आठ किलोमीटर नई सड़क का निर्माण होगा देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिये आयोजित होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गयी है अलग अलग पालियों में जेईई मेंस के पहले सत्र की परीक्षा अठारह मार्च तक होगी परीक्षा का आयोजन कर रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र के साथ अपना एक पहचान पत्र भी केन्द्र पर ले जाना होगा वहीं मोटे तलबे वाले जूते तथा बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गयी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और कंपनी सेक्रेटरी सीएस कोर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के समकक्ष मान्यता दे दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इस वर्ष तीस सितंबर तक सभी शाखाओं में चेक भूगतान के लिए छवि आधारित चेक ट्रैंक्शन सिस्टम सीटीएस लागू करने को कहा है इसका उद्देश्य चेक भूगतान की प्रक्रिया को तेज करना है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके रिजर्व बैंक ने पिछले महीने पूरे देश में सीटीएस लागू करने की घोषणा की थी इसके तहत सभी बैंक शाखाओं को छवि आधारित चेक भुगतान प्रक्रिया में शामिल करने की योजना है रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी स्थान पर और किसी भी शाखा में ग्राहक को सीटीएस की उपलब्धता का लाभ उठाने और एक समान उपभोक्ता सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रणाली को देश की सभी बैंक शाखाओं में लागू करने का निर्णय किया गया है इसके लिए आवश्यक है कि सभी बैंक तीस सितंबर तक अपनी सभी शाखाओं में इस प्रक्रिया को लागू करना सुनिश्चित करें ईवीएम खरीदने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने छह अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित की है न्यायालय ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बाध्य होकर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा गौरतलब है कि ईवीएम खरीद के लिए राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक सौ तैंतीस करोड़ रूपये आवंटित कर दिये हैं भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बिना उसकी अनुमति के राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम नहीं खरीद सकता है इधर आशंका है कि ईवीएम खरीद विवाद नहीं सुलझता है तो पंचायत चुनाव में विलंब से हो सकता है प्रदेश के उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार एथेनॉल पर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बनेगा उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया है पटना में बिहार उद्योग संघ की ओर से आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग नीति दो हजार सोलह के पहले से ही काम कर रही है उन्होंने कहा कि एथेनॉल पॉलिस इससे अलग होगी श्री हुसैन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सड़क ड्रेनेज और सिवरेज की व्यवस्था होगी उन्होंने कहा कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों मुजफ्फरपुर गया पाटलीपुत्र और हाजीपुर में बेहतरीन आधारभूत संरचना सौ दिनों में विकसित किया जायेगा केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की नीति के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण प्रदेश में आज भी बैंकिंग सेवा ठप है भूमि का दाखिल खारिज समय पर नहीं करने के आरोप में पटना जिले के सात अंचलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि समीक्षा में पाया गया है कि पटना सदर फुलवारीशरीफ बिहटा दानापूर नौबतपूर सम्पतचक और धनरूआ अंचल में दाखिल खारिज के मामले इक्कीस से अधिक दिनो से लंबित हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की वृद्धि दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव अब कम हो रहा है

रेल मंत्रालय ने इन खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलवे ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है इस संबंध में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबरों के क्लिप फर्जी हैं

किशनगंज में रसोई गैस सिलेंडर के फटने के बाद लगी भीषण अगलगी की घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की झूलसने से मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वालों में चार बच्चे और उनके पिता शामिल हैं मद्यनिषेध इकाई और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम ने दूसरे राज्यों से बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले उत्तर प्रदेश के एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है भारत और इंग्लैंड के बीच पांच ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम छह बजकर तीस मिनट से एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा पांच मैचों की श्रंखला में दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेले जाने वाले टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच के सीघा प्रसारण के चलते आकाशवाणी पटना से प्रसारित विधान मंडल की समीक्षा कार्यक्रम के समय में परिवर्तन किया गया है आज यह कार्यक्रम शाम चार बजकर तीस मिनट से चार बजकर चालीस मिनट तक प्रसारित किया जाएगा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 दैनिक भास्कर ने लिखा है शहर से लेक ग्रामीण क्षेत्रों तक तीस से पचास प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी नये नगर निकाय क्षेत्रों में दो प्रतिशत बढ़ा रजिस्ट्री शुल्क अखबार लिखता है इकतीस मार्च तक सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी अप्रैल महीने में लागू होने की संभावना हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज जारी हो सकती है नई गाइडलाईन दैनिक जागरण लिखता है सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन पर रोक बाईस मार्च से बंद हो सकते हैं प्रदेश के स्कूल शराबबंदी की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है बड़े शहरों के शराब माफियाओं को पकड़ने को चलेगा विशेष अभियान दैनिक आज का शीर्षक है तैंतीस हजार शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की हड़ताल आज से और अब अंत में मुख्य समाचार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ायी गयी